रिजर्व बैंक ने तमाम चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि बैंको में जमा राशि सुरक्षित है

झारखण्ड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए छब्बीस मार्च को चुनाव होगा उम्मीदवार तेरह मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं अभी तक किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाँखिल नहीं किया है संख्या बल के आधार पर यूपीए की एक सीट तय मानी जा रही है वहीं दूसरी सीट के लिए इन्हें अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी एनडीए के उम्मीदवार को भी भाजपा और उसके सहयोगी दल आजसू के विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी यूपीए की तरफ से पहले सीट के लिए शिव् सोरेन ग्यारह मार्च को विधानसभा परिसर में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन करेंगे राज्य सभा में उम्मीदवार के चयन के लिए भाजपा प्रदेश चुनाव समिति ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को अधीकृत किया है प्रत्याशी के नाम की घोषणा केन्द्रीय चुनाव समिति जल्द करेगी सरकार लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रही है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि राज्य में किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस से संक्रमण की प्रष्टि नहीं हुई है एहतियात के तौर पर पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है लोगों को सलाह दी गई है कि किसी व्यक्ति को अगर खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ होती है तो वे लापरवाही ना बरतें और तुरन्त चिकित्सक से संपर्क करें लोगों को जानकारी दी जा रही है कि विदेश से आने वाले लोगों में इस वायरस से संक्रमण की संभावना हो सकती है बचाव के लिए अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें

चामी मुर्मू को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है चामी मर्म ने पिछले अठाईस वर्षो में दो हजार आठ सौ महिला समूह बनाकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोडा है चामी मुर्मू सरायकेला खरसांवा जिले की राजनगर प्रखण्ड की रहने वाली हैं

ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं

उन्होंने कहा कि आज महिलाएं उन अनेक मोर्चों पर भी आगे हैं जिनका नेतृत्व पहले पुरूषों के हाथ में था रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताओं को खारिज कर दिया है रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि बैंको में जमा राशि सुरक्षित है क्योंकि आरबीआई सभी बैंको की गतिविधियों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार निगरानी रखता है उसने कहा कि मीडिया के कृष्ठ वर्गो में बैंको की बाजार पूंजी के आधार पर उनकी ऋण शोधन क्षमता को लेकर भ्रामक विश्लेषण किया जा रहा है यस बैंक के वित्तीय संकट के बीच मीडिया ने कुछ बैंको में जमा राशि के बारे में चिंता व्यक्त की है जो बेब्रनियाद विश्लेषण पर आधारित है रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों की ऋण शोधन क्षमता जोखिम के प्रति उनकी पर्याप्त पूंजी के अनुपात पर आधारित है न कि उनके शेयरों के बाजार मल्य पर राज्यभर में आठ मार्च से बाइस मार्च दो हजार बीस तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और राज्य को कृपोषण मुक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया है पूरे अभियान के दौरान सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में अनीमिया जांच कैंप का आयोजन किया जाएगा वहीं बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा इस पखवाड़े के दौरान सहिया आंगनबाड़ी सेविका एएनएम स्वयं सहायता समूह और पंचायती राज के प्रतिनिधि लोगों को पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे इधर जिलों में भी पोषण पखवाड़ा की शुरूआत कर दी गयी है पूर्वी सिंहमूम जिले में कल पोषण पखवाड़ा की शुरूआत करते हुए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं हमारे हजारीबाग संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण के सौजन्य से पोषण रथ जिले के विभिन्न प्रखण्डों में घ्रमकर लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी देगी इधर लोहरदगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा की शुरूआत की गयी वहीं सिमडेगा जिले में भी पोषण पखवाड़ा के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय हैः त्यौहारों के दौरान संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव और सुरक्षा यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

इससे पहले आज शाम होलिका दहन की जाएगी होली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है राज्यपाल द्रौपदी मुर्म और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि रंगो का त्योहार होली सभी के जीवन में खुशियां और उल्लास लेकर आए होली का त्यौहार शांति व सद्भाव के बीच संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए है मौसम विज्ञान विभाग ने कल होली के दिन बारिश का पूर्वानमान लगाया है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर में इसका असर हो सकता है मौसम विभाग ने इस संबंघ में येलो अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुमान के अनुसार वर्षा के साथ तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफतार से हवा चलेंगी साथ ही ओला वृष्टि की भी संभावना है